आज से पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलश प्रदेश की विभिन्न नदियों में प्रवाहित किये जा रहे हैं गोरखप्र में कलश यात्रा का आगमन कल अपरान्ह डेढ़ बजे हो रहा है शहर के सभी प्रमुख चौराहे से गुजरते हुए यह यात्रा गोलघर के निपाल क्लब में पहुंच कर एक श्रद्वाजलि सभा में परिवर्तित हो जायेगी अस्थि कलश यात्रा और श्रद्वाजंति सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थिकलश यात्रा सांसद हरीश ट्विवेदी के नेतृत्व में आज बस्ती पहुंची सैकड़ो की संख्या में लोग कलश यात्रा के साथ बस्ती होते हुए डुनरियागंज तक गये कलश यात्रा कल बस्ती वापस आयेगी और कुआनो नदी में अस्थियों का विसर्जन किया जायेगा मुख्य निर्वाचन आयक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाता पृष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए तैयार है आकाशवाणी से आज सुबह बातचीत में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साढ़े सत्रह लाख वीवीपैट मशीनों की खरीद का ऑर्डर दिया है और अब तक दस लाख मशीनें मिल चुकी हैं जहां तक वीवीपेट फोलियर का सवाल है ये नई मशीन है अभी इन्दरख्यूज हुई है और ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल है जबकि ईवीएम का वीपू और सीयू होता है यो सिर्फ इलेक्ट्रोनिक मशीन है इसमें जैसे जैसे लर्निंग करते हुए जो हमारे पोलिंग अफसर्स का ट्रेनिंग बढ़ेगा और उसका प्रयोग ज्यादा होगा

अभी फिलहाल इसको सुधार करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसमें बहुत से इम्यूकमेंट किए हैं जो आगे चुनाव में इसमें उतने डिफेक्ट्स की संभावना नहीं होगी श्री रावत ने फिलहाल लोकसभा और राज्य कियानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने की संभावना से इंकार किया है उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पहले कानूनी ढांचा तैयार होना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित प्रमुख स्वास्थ्य दीमा योजना आयुष्मान भारत बीमा कंपनियों के लिए सकारात्मक पहल है और इससे प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी इस योजना में दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए क्छ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण होगा पहाड़ों में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर है गोण्डा में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे टापू बने यहां के गांवों में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिले के करनैलगंज तहसील के पाल्हाप्र बाढ़ राहत केन्द्र पर पहंचे

मृख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार के लिए दस किलोग्राम चावल दस किलोग्राम आटा दाल आलू मसाला नमक इत्यादि की व्यवस्था के लिए प्रशासन को पर्यात धन उपलब्ध करा दिया गया है कुशीनगर जनपद में बुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे यहां दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं उधर बहराइच सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रूखाबाद में गंगा नदी उफान पर है वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर कम होने से कटान के कारण जिले के लगभग दो दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है कई गांवों में सम्पर्क मार्ग के कटने से राहत सामग्री के वितरण और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है